आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के इस संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा

किसान कल्याण योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरूआत की यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर तैयार की गई है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किसानों के खाते में ऑनलाइन राशि जमा की

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ढाई एकड़ तक के किसान संबल योजना में आते है इन किसानों के बेटा बेटी पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी

हम चाहते हैं कि इसके तहत जो भी अधोसंरचना बनाये जायें उसे किसानों के बेटे बेटी या किसान उत्पादक संघ ही बनायें श्री चौहान ने इस मौके पर किसानों से सीधा संवाद भी किया कार्यक्रम में किसानों के लिये सीमांक एप का शुभारंभ भी किया गया कृषि मंत्री तोमर ग्वालियर और चंबल संभाग के किसानों की आय बढाने के लिये शीघ्र ही मुरैना सहित भिण्ड शिवपुरी और श्योपुर को राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोडा जायेगा यह जानकारी आज केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तौमर ने मुरैना के नूराबाद उद्यानिकी परिसर में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के भूमिपूजन के दौरान दी

आज शुरूआत छिंदवाड़ा शहर में मिले चांदी के पानदान से इस पानदान को खरीदने वाले स्वर्गीय राम त्रिवेदी की पोती सोनल त्रिवेदी ने भी अपनी यादें साझा की